हालांकि अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा पर्यावरण मंजूरी मिलने तक उन परियोजनाओं पर रोक लगी रहेगी जिन्हें योजना के तहत अभी शुरू नहीं किया गया है चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का मकसद यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बदरीनाथ को हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ना है न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने कहा कि जारी परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी लेकिन जो परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं उन पर रोक रहेगी

स्लग कार दुर्घटना मसूरी धनोल्टी मोटर मार्ग पर सुवखोली से दो किलोमीटर आगे तंबूधार पर दिल्लीन की एक कार के खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया घायल को अस्पोताल में भर्ती कराया गया है दुर्घटना आज सुबह करीब छह बजे हुई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली नंबर की कार धनोल्टी की ओर जा रही थी इस दौरान तंब्रधार मोड़ पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई

स्वोमी विवेकानंद के उपदेश आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके सम्मा न में यह दिन राष्ट्री य युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है पंतनगर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के मार्ग का अनुसरण करने का आहवान किया वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने युवाओं सहित सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें

चम्पावत जिले में इस अवसर पर अद्वेत आश्रम मायावती श्यामलताल लोहाघाट आदि में ध्यान वेदान्त भजन कीर्तन का आयोजन हुआ

आज भी यहां से प्रबुद्ध भारत पत्रिका के सम्पादन का कार्य होता है आश्रम में बने धर्मार्थ चिकित्सालय में सैकड़ों असहाय लोगों का निशुल्क इलाज किया जाता है इस अवसर पर स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया स्लग सदभव रौतेला बागेश्वर के होनहार शतरंज खिलाड़ी सदभव रौतेला अंडर नाइन में एशिया के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं

सदभव की इस उपलब्धि ने उत्तराखंड के साथ ही देश का भी मान बढ़ाया है

सदभव के बड़े भाई सक्षम रौतेला भी शतरंज में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दोनों भाइयों को बचपन से शतरंज खेलने का शौक है बड़े भाई को शतरंज खेलते हुए देखकर ही सदभव भी प्रेरित हुआ

सरस मेले में प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से आये स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे मेले का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं शिल्पों और कलाकृतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है साथ ही मेले के जरिए विभिन्न राज्यों के स्वरोजगारियों को एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने समझने का अवसर मिलेगा

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश होने का भी अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है

युवा संसद महोत्सव के बारे में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा इसका लक्ष्य युवाओं को जनता के मुद्दों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है उन्होंने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होगा साथ ही कहा कि हम हर साल युवा संसद का आयोजन करेंगे युवा संसद महोत्सव का आयोजन जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा

इस दौरान प्रधानमंत्री विजेताओं को सम्मानित करेंगे संक्षिप्त समाचार उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज से शीतकालीन अवकाश शुरू हे गया है

शीतकालीन अवकाश के दौरान वैकेशन कोर्ट खुला रहेगा इसके लिए न्यायाधीशों का पहले ही रोटेशन तय कर दिया गया है अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे गोल्डन कार्ड के संबंध में बैठक की